प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से लौटी कड़ाके की ठंडजनजीवन प्रभावित

पूरे साल लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री सड़क मार्ग से जा सकते हैं गडकरी ने भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चारधाम परियोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की पूरी चिंता की गयी है

स्लग आरएसएस आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने देहरादून में प्राचार्य बैठक में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है उन्होंने कहा कि अब शिक्षा व्यवसाय हो गया है उन्होंने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने की बात कही श्री भागवत ने कहा कि विकेंद्रित योजना से शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन संभव है शिक्षक छात्र और अभिवावकों को मिलकर समस्या के समाधान के लिए योजना बनानी चाहिए

इसके साथ ही उन्होंने मातु भाषा हिंदी को अपनाने को कहा श्री भागवत ने कहा कि हम अपनी भाषा में ही अपने भाव सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं स्लग राज्यवर्धन राठौर सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड ने आज लोकसभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमो में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में इन अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था स्लग समुह ग राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं के समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी प्रदेश में अब उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट या इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो पात्रता की अन्य शर्ते भी रखी गई हैं प्रदेश सरकार के इस फैसले से युवाओं के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी स्लग राज्पयाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि युवाओं को पढ़ लिखकर अपने गांव अपने समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रलोभन में नही आना चाहिए

इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सेना हमारी सुरक्षा और मदद के लिए होती है सेना को सहयोग देना चाहिए एक प्रश्न के उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि पढ़े लिखे ईमानदार युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए राज्यपाल ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत वर्ष की संस्कृति विविधता में एकता की है साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा यहां की माटी में बसता है गौरतलब है कि ये सभी छात्र भारतीय सेना द्वारा संचालित आपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखण्ड भ्रमण पर आये हैं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान छात्रों ने कैरियर समाज राजनीति और अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखे

गुजरात के बाद उत्तराखण्ड देश में दूसरा राज्य है जहां ये कदम उठाया गया है इससे प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को राहत मिलेगी अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह अध्यादेश समस्त विभागों उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है ताकि इस पर तत्काल विज्ञप्ति जारी जाए इसके तहत लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के पक्ष में राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है स्लग मौसम प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आयी है कल से कई क्षेत्रों में हो रही बारिश और बर्फबारी का दौर आज भी जारी है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने से आसपास के इलाकों में भयंकर ठंड हो गई है वहीं रुद्रप्रयाग चमोली नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर चंपावत के निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है बारिश और बर्फबारी के कारण दोपहर बाद ही पहाड़ी जिलों के नगर और कस्बों में सन्नाटा पसर गया राजधानी देहराद्न में रुक रुक कर बारिश होती रही चंपावत जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ओले गिरने की भी सूचना है जिले में बारिश के चलते निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड में जगह जगह कीचड़ हो गया है पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने बताया कि जिले के बनलेख से सुखिढांग के बीच और घाट तक बारिश से मलबा गिरने की आशंका बनी हई है उन्होंने यात्रियों से जरूरी काम होने पर ही इस मार्ग से सफर करने की सलाह दी है आज कई जिलों में सभी स्कूलों की छुट्टी भी रही

साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है स्लग सीएम लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि गुजरात के बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है जहां एनएचएम का अपना कार्यालय स्थापित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक व्यापक और सुविधाजनक बनाने के लिए संगठित प्रयासों की जरूरत है मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों का आह्वान करते हुए कहा कि अगर मेरा सामाजिक दायित्व के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर महीने में दो तीन दिन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर अपने सेवाएं दें तो बड़े अस्पतालों के वर्क लोड में भी कमी आयेगी साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आयेगा उन्होंने कहा कि चमोली के पीपलकोटी और रूद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं

मेले में सिडकुल पंतनगर सितारगंज हरिद्वार देहरादून के साथ ही बाहर के राज्यों से कई औद्योगिक इकाइयों को आमंत्रित किया गया था इस रोजगार मेले को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया बारिश के बावजूद भी इस रोजगार मेले में हजारों युवा पहुंचे

उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने रैली मैदान का जायजा लिया